प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर करेंगे मंदिर का शिलान्यास

प्रदेश भर में आज भी मनाया जाएगा दीपोत्सव

सक्रिय मामलों की संख्या इकतालीस हजार दो सौ बाईस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आज भूमि पूजन के साथ शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समारोह में भाग लेंगे भूमि पूजन समारोह दोपहर ठीक साढ़े बारह बजे होगा और बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक चलेगा प्रधानमंत्री सबसे पहले श्रीहनुमान गढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे उसके बाद वे श्रीराम जन्म भूमि में भगवान श्रीराम की पूजा करेंगे

भूमि पूजन के समय मंच पर केवल पांच लोग आसीन होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर समारोह में भागीदारों की संख्या सीमित रखी गयी है विभिन्न आध्यात्मिक पीठों के एक सौ पैंतीस संतों सहित एक सौ पचहत्तर अतिथि बुलाए गए हैं इसके अलावा विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिवार से महेश भगचंदका और पवन सिंघल भूमि पूजन में मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं अयोध्या की सीमाएं बीती आधी रात से ही सील कर दी गयी हैं भूमि पूजन समारोह स्थल पर मोबाइल ले जाना वर्जित है अतिथियों को जारी किए गए निमंत्रण पत्र में बारकोड लगा है जो केवल एक बार प्रवेश के लिए ही मान्य होगा और ब्यौरा अयोध्या में मौजूद हमारे संवाददाता से रामो विग्रहवान धर्माः यानी राम धर्म के ही मूर्त रूप हैं और इस मूर्त रूप को एक भव्य मंदिर में विराजमान देखने का दुनिया के करोड़ों राममक्तों का स्वप्न आज साकार होने जा रहा है आज दोपहर बाद राम की नगरी में वो पवित्र क्षण आयेगा जब उसी अभिजीत मुहुर्त में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मॉदेर का भूमि पूजन करेंगे जिसमें स्वयं भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर एक बेहद मजबूत ढांचा होगा जिस पर भ्रकंप का भी प्रमाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे बनाने में स्टील का जरा भी इस्तेमाल नहीं होगा और सिर्फ तांबा ही उपयोग में लाया जायेगा

मंदिर के पुराने मॉडल में सिर्फ तीन मंडप थे जिसे बढाकर पांच कर दिया गया है और मंदिर में एक अष्टभुजाकार शिखर होगा मंदिर के निर्माण में तीन से साढे तीन साल का समय लगेगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार अयोध्या इस बीच श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनियाभर के राम भक्तों से अपील की है कि वे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समी आवश्यक सावधानी बरतते हुए अपने गांवों और शहरों में ही भजन कीर्तन करें तथा प्रसाद बांटें उधर मुख्यमंत्री और ट्रस्ट की अपील के बाद राज्य के लोगों ने भूमि प्जन की पूर्व संध्या पर कल शाम अपने घरों में मिट्टी के दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया अयोध्या में सरयू के घाट हजारों दीयों के प्रकाश से जगमग हो उठे अयोध्या में जगह जगह रामायण के प्रसंगों को दर्शाने वाले विशेष तोरण द्वार और खूबसूरत रंगोलियां बनायी गयीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर मथुरा वृंदावन के मंदिरों और चित्रकूट के देवालयों सहित प्रदेश भर के मंदिरों में दीये जलाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर दीप प्रज्ज्वलित किए प्रदेशवासी आज भी घरों में दीए जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे भूमि पूजन के लिए अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी न्यौता दिया गया है निमन्त्रण मिलने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं भूमिपूजन में आ रहे हैं

हमेशा हम साधु संतो के बीच में रहे आयोष्या में जो है मंदिरों के बीच में रहे क्योंकि हमारा धर्म जो है वो हर धर्म का सम्मान करता है सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमको भी न्यौता मिला है हम प्रघानमंत्री जी के लिए जो हैं हिंदू धर्मे के लिए जो है बहुत ही नायाब किताब लेंकर आया हूं जो रामचरित मानस है और एक राम नवमी जो दुपद्वा है

अयोध्या के आम लोग भी इस आयोजन से बहत प्रसन्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास होर्ने जा रहा है राम मंदिर का इससे पूरे विश्व को बहुत खुशी है हम लोगों को भी बहत खुशी है हम लोगों ने इसकी बहत तैयारी कर रखी है हर घर में दीया जलेगा मोमबत्तियां जलेंगी सारे घर में झालर लग गए हैं और इसी के साथ आयोध्या फैजाबाद का विकास भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के लोगों को क्षेत्र के अत्यधिक विकास की उम्मीद है अयोध्या का विकास उन योजना से होगा और उससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवल दो और लेवल तीन कोविड अस्पतालों में पचास हजार बिस्तर जल्द से जल्द बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इन बिस्तरों के लिए चिकित्साकर्मियों सहित अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जनपदों में समेकित कमान और नियंत्रण केंद्र को प्रभावी रूप से क्रियाशील किया जाए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एम्बुलेंस व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि एक सौ आठ एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की कम से कम पचास प्रतिशत एम्बूलेंस को कोविड मामलों में तथा शेष पचास प्रतिशत को नॉन कोविड मामलों में उपयोग किया जाए देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों की संख्या से दोगुनी हो गई है इस समय संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या बारह लाख तीस हजार से अधिक है इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों का प्रतिशत छियासठ दशमलव तीन शून्य तक पहुंच गया है उधर पिछले चौबीस घंटों में देशभर में चौवालीस हजार तीन सौ छह रोगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हए जबकि क्ल बावन हजार पचास नये मामले सामने आए देश भर में इस महामारी से अब तक संक्रमित हुए रोगियों की कल संख्या बढकर अट्ठारह लाख पचपन हजार सात सौ पैंतालीस हो गई है पिछले चौबीस घंटों में महामारी से आठ सौ तीन मौत हुई हैं देशभर में अब तक मृतकों की संख्या अड़तीस हजार नौ सौ अड़तीस हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के दो हजार नौ सौ तिरासी नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर इकतालीस हजार दो सौ बाइस हो गयी है अब तक राज्य में कूल सत्तावन हजार दो सौ इकहत्तर मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं और एक हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मृत्यु हुई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच क्षमता को तेजी से बढ़ाया गया है पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन बानबे हजार कोविड नमूनों की जांच की गयी उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश बन गया है राज्य में कल छियासठ हजार सात सौ तेरह कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल छब्बीस लाख नवासी हजार नौ सौ तिहत्तर नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां राप्ती नदी गोरखपुर के बर्डघाट तथा श्रावस्ती के राप्ती बैराज सरयू घाघरा नदी बलिया के तुर्तीपार बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज और अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं गंगा बदायूं के कछला पुल रोहिन महराजगंज के त्रिमुहानी घाट और क्आनो संत कबीर नगर के मुखलिसपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही हैं प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य के सोलह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में महाराजगंज में कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद उपलब्ध करा रही है